बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हये राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से की अपील कहा जन अनुशासन पखवाडा की पालना करें और कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाएं

विश्व पृथ्वी दिवस पर विभिन्न जिलों में हये कार्यक्रम आयोजित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

श्री मोदी ने देशभर में रोगियों के इलाज में काम आने वाली आक्सीजन की उपलब्धता की आज आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की उन्होंने सप्लाई में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न होने पर स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया उन्होंने मंत्रालयों को निर्देश दिये कि वे ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढाने के विभिन्न तौर तरीकों का पता लगाए बैठक में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई में लगातार बढोतरी के बारे में जानकारी दी

वहीं देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर में कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है

बारां जिले में शादी समारोह में काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी को लिए प्रशासन ने छूट दी है

इस दौरान ग्राहकों को शादी से संबंधित प्रमाण दिखाना होगा और कोविड प्रोटोकाल की पालना करनी होगी सवाईमाधोपुर जिला प्रशासन की ओर से भी आज कपड़े बर्तन इलेक्ट्रोनिक सामान और सर्राफा व्यवसाईयों को सीमित समय के लिए छूट दी गई

गंगापुर सिटी में भी गाइडलाईन का उल्लघंन करने पर जुर्माने की कार्यवाही की गई

टोंक जिले में जिला प्रशासन की ओर से जन अनुशासन पखवाडे की पालना करवाने के लिए सख्ती की गई कई स्थानों पर बैरिकेटिंग कर लोगों से कोविड गाइडलाईन मास्क लगाने और अनावश्यक घर से ना निकलने को कहा गया और कलक्टर ने दौरा कर व्यवस्था का जायजा लिया

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जयपुर महानगर और नेशनल मैडिकोज ऑर्गनाईजेशन की ओर से कोरोना पीडित मरीजों और उनके परिजनों के लिए हैल्पलाईन शुरू की गई है हैल्प लाईन के माध्यम से लोग एलोपैथिक आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों से कोविड संबंधी परामर्श ले सकेंगे उधर जोधपुर में एक सामाजिक संस्था की ओर से बासनी में रोग प्रतिरोधक दवा बांटी गई वहीं सीकर का श्री सुधीर महरिया स्मृति संस्थान कोविड के गम्मीर मरीजों को प्लाज्मा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रहा है

झुंझुनू नगर परिषद की ओर से आज स्काउट गाइड की सहायता से एक जनजागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक किया गया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से इसके लिए तैयार रहने को कहा है

टोंक में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गये राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय द्रनी में वुक्षारोपण किया गया सवाईमाधोपूर में स्थानीय भारत स्काउट गाइड की ओर से पक्षियों के लिये परिण्डे बांधे गये और कई प्रतियोगिताओं का अयोजन किया गया चूरू जिले में सामाजिक कार्यकर्ताओं और वन विभाग की ओर से नेचर पार्क में पौधे लगाकर पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने का संदेश दिया बूंदी में भी प्रथ्वी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हये

यह पाठ्यक्रम ट्रीपल आईटी कोटा एमएनआईटी जयप्र और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किये गये इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को फोटोग्राफी हैण्डी क्रफ्टस और मशीन मैकेनिज्म से संबंधित गुर सिखाये जायेंगे इस अवसर पर श्री भाटी ने बताया कि विद्यार्थी नियमित अध्ययन के साथ ये निःशुल्क कोर्सेज भी कर सकते हैं

इस कार्यक्रम के लिये श्रोता नमो एप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने सुझाव दे सकते हैं